विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरूआत

चौहत्तर प्रतिशत से अधिक मामले प्रवासी कामगारों के

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास का आह्वान किया उन्होंने आशा जतायी की हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए

वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ा धीमी जरूर हुई है मगर इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता जैव विविधता करीब से देखने का अवसर भी मिला है मेरे प्यारे देशवासियों स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के आठ प्रतिशत हिस्से को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है इसमें प्रकृति के सभी पहलूओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है

ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें न कटाई होती है न चराई होती है प्रकृति के साथ हमारी जीवन है और अवर लाइफ स्टाइल इज विथ नेचर प्राणी जलचर वनचर पक्षी पशु ऑल स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना मानवता को प्रकृति का संदेश विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चौबीस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत अब तक बाईस करोड़ से ज्यादा पौधे लगाये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि राज्य में हरित क्षेत्र का आवरण सत्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक पन्द्रह प्रतिशत क्षेत्रफल हरित आवरण के रूप में विकसित किया जा चुका है वेबिनार को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के निन्यानवे नये मरीजों की पूष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार पांच सौ इक्यावन हो गयी है आज सबसे अधिक बारह मामले रोहतास से सामने आये हैं कटिहार से ग्यारह भागलपुर और समस्तीपुर से दस दस नवादा से आठ शिवहर से सात नालंदा से छह भोजपुर और अररिया से पांच पांच खगड़िया लखीसराय और दरभंगा से चार चार जहानाबाद से तीन गोपालगंज और किशनगंज से दो दो तथा बांका बक्सर मुंगेर शेखपुरा और सिवान से एक एक मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में एक सौ तेरह मरीजों को उपजार के बाद छुट्टी दे दी गयी है ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर दो हजार दो सौ तैंतीस हो गयी है वहीं इस महामारी से अब तक उनतीस लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आये हैं उनमें से चौहत्तर प्रतिशत से अधिक मामले प्रवासी लोगों के हैं उन्होंने बताया कि बाहर से आये तीन हजार तीन सौ उनहत्तर लोग पॉजिटिव पाये गये हैं श्री सिंह ने कहा कि होम क्वारेंटीन में रह रहे लोगों के लिए चलाये जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक पांच लाख सत्रह हजार लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की जा चुकी है इनमें से दो सौ ग्यारह लोगों में बुखार सर्दी खांसी या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख छब्बीस हजार सात सौ सत्तर हो गई है कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर अड़तालीस दशमलव दो सात प्रतिशत पहुंच गई है और एक लाख नौ हजार चार सौ बासठ लोग ठीक हो गये हैं मरने वालों की संख्या बढकर छह हजार तीन सौ अड़तालीस हो गई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नन्द कुमार ने लोगों से कोरोना संक्रमण से नहीं घबराने की अपील की है उन्होंने कहा है कि इस संक्रमण से मृत्यु दर काफी कम है

हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है कैसे ट्रांसमिट होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के पांच सौ रुपए भेजने शुरू कर दिये हैं यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है लाभार्थी दस जून के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगी यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों होटलों रेस्तरां शोपिंग मॉल आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इसका उद्देश्य कोविड उन्नीस से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है

परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा रेस्टरॉरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना ले कर जाने की व्यवस्था का बढ़ावा दिया जाएगा खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर खाने के पैकेट छोड़ देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम छह फिट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मॉस्क के उपयोग की सलाह दी है आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली आयुष मंत्रालय ने आज माई लाइफ माई योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा शुरू की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि इस प्रतिस्पर्धा में विश्व भर से कोई भी भाग ले सकता है उन्होंने कहा था कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दिखाई है

योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिये भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पीरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है योग में तो रेस्पीरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे है

पटना उच्च न्यायालय ने पटना के जिलाधिकारी के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है जिसमें प्राईवेट स्कूलों से तीन महीने के बदले सिर्फ एक महीने का शैक्षणिक शुल्क लेने का आदेश दिया गया था मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि निजी विद्यालयों को अधिक परेशानी है तो वे जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं गौरतलब है कि पटना जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि में निजी विद्यालयों को तीन महीने की जगह सिर्फ एक महीने का फी लेने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ एक निजी विद्यालय ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी वंदे भारत मिशन के तहत आज मस्कट से एक सौ छियासठ अप्रवासी भारतीयों को लेकर विशेष विमान गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा ये सभी बिहार के रहने वाले हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद सभी को क्वारेंटीन सेंटर भेज दिया गया है देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है आज आठ ट्रेनों के माध्यम से तेरह हजार से अधिक लोगों की राज्य वापसी हो रही है इनमें तीन तीन ट्रेन केरल और कर्नाटक से जबकि दो ट्रेन तमिलनाडु से आ रही हैं सिविल सेवा परीक्षा दो हजार उन्नीस के बाकी बचे उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा बीस जुलाई से शुरू होगी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस संबध में अधिसूचना जारी कर दी है आयोग ने लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे अधिक इक्यानवे दशमलव दो मिलीमीटर बारिश छपरा में रिकॉर्ड की गयी पटना में लगभग पचास मिलीमीटर दरभंगा में चालीस मिलीमीटर सुपौल में तैंतीस मिलीमीटर और डिहरी में बीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अनेक स्थानों पर तेज आंधी के कारण पेड़ और बिजली के खम्भे उखड़ गये हैं जिससे वाहनों का परिचालन और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है इधर मधुबनी में वज्रपात से एक युवक की मौत की खबर है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश तेज आंधी तथा वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है इधर कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश से धान की खेती के अनुकूल दशाएं बनीं हैं

लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने आज ही के दिन उन्नीस सौ चौहत्तर में राजनीति में भ्रष्टाचार बेरोजगारी और अन्य राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया था और लोगों से विरोध में गिरफ्तारी देने का आहवान किया था इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में जेपी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी कुमार रवि समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट में जेपी को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय को समर्पित था गया जिले के लटुआ थाना क्षेत्र में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और जिला प्रलिस बल की टीम की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई मौके से कई प्रकार के हथियारों के कारतूस मोबाइल फोन और खाद्य सामग्रियां बरामद की गयी

इस घटना में कई घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं और तीन लोग घायल हुए हैं पुलिस ने कारोबारी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है

यह वैवाहिक सभा ग्यारह जून तक चलेगा

विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरूआत

चौहत्तर प्रतिशत से अधिक मामले प्रवासी कामगारों के